श्री मोदी के साथ साथ नार्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एतोनियो गुतरश भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे इस उच्चस्तरीय सत्र में सरकार निजी क्षेत्र सिविल सोसाइटी और बौद्विक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं इस वर्ष के उच्चस्तरीय सत्र का विषय है कोविड नाइन्टीन के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस सत्र में बहपक्षवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन तथा संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ समग्र रणनीति तैयार कर उसका प्रमावी क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जनपदों के नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा करें लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सम्बंधित जिलों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान की नियमित निगरानी करें उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान के दौरान छिड़काव और फॉगिंग अनिवार्य रूप से कराए जाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए वाराणसी झांसी कानपुर नगर और प्रयागराज जिलों में विशेष बरतने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन एक संक्रामक रोग है जिसे नियंत्रित रखने में साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है उन्होंने एल वन कोविड अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त रखने के लिए सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विपेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षो में प्रदेश ने अनृतपूर्व विकास किया है उन्होंने कहा कि आज राज्य के हर गांव में बिजली पहंच चुकी है ग्रामीण क्षेर्रो में आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है गोरखपुर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकटकाल में सरकार गरीबों को निःश्ल्क राशन उपलब्ध करा रही है मनरेगा के तहत वृहद स्तर पर काम उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग करायी गयी है श्री ट्विवेदी ने कहा कि अब प्रदेश सरकार के पास राज्य के कुशल कामगारों का डाटादेस तैयार है उन्होंने कहा कि इसका उपयोग सभी को आवश्यकतानुसार कार्य देने के लिए किया जा रहा है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में निरन्तर वृद्वि की जा रही है कल एक दिन में राज्य में रिकॉर्ड अड़तालिस हजार छाछठ नमूनों की जांच की गयी इससे एक दिन पूर्व प्रदेश में पैंतालिस हजार नमूनों की जांच की गयी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड जांच क्षमता में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाकर पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटी पीसीआर विधि से तीस से पैंतीस हजार टेस्ट ट्रूनैट मशीन से दो से ढाई हजार और रैपिड एन्टीजन विधि से बीस से पच्चीस हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं इस बीच हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में अब तक बारह लाख से अधिक लोगों के नमूनों की जांच की जा चुकी है इनमें से छह लाख लोगों के नमनों की जांच में जहां चार महीने का समय लगा वहीं अगले छह लाख नमनों की जांच पिछले बीस दिनों में की गई अपर मुख्य सचिव रजनीश दुवे ने बताया कि पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानक से भी ज्यादा नमूनों की जांच की केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की क्ल संख्या छह लाख बारह हजार आठ सौ पन्द्रह हो गई है देश में स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड बीस हजार सात सौ तिरासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल देश में कुल तीन लाख इकत्तीस हजार एक सौ छियालिस संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है

दिल्ली में लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को साफ सफाई और एक दूसरे से उचित दूरी बनाये रखने की सलाह दी खांसने के समय ऐसा खांसना छीकना चाहिए कि दूसरे के रूपर न जाये टिशु पेपर रखे रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करें

जब हम खांसते छिक्ते हैं तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उसका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा

श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है